ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह बजट आम आदमी के जीवन को और सुगम बनायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवा पर अभूतपूर्व ध्यान केन्द्रित किया गया है साथ ही शोध और नवाचार पर भी जोर दिया गया है बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आम बजट से उद्योग निवेश और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बहत सकारात्मक बदलाव होंगे

इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है कोरोना ने दनिया में जो प्रमाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट मारत के आत्वविश्वास को उजागर करने वाला है

हम इस बजट में जिन सिद्वातों को लेकर चले हैं तो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों नई संघावनाओं का विस्तार करना युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना मानव संसाधन को एक नया आयाम देना इन्फ्रास्ट्रक्वर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना आग्रनिकता की तरफ आगे बढ़ना नए सुधार लाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्रीय बजट के सम्बंध में सभी विभागों को अपने अपने प्रस्ताव केन्द्र सरकार को समय से भेजने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा करते हये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मंडियों में गोदाम की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाएं श्री योगी ने मंडियों को ई नाम से जोड़ने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए श्री योगी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के अपने बजट में जल जीवन मिशन के तहत नगरीय क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है इसे ध्यान में रखते हए शहरी इलाकों की पेयजल की योजनाओं के प्रस्ताव केन्द्र को समय से उपलब्ध कराए जाएं उन्होंने अमृत योजना के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के प्रस्ताव भी केन्द्र को प्रेषित करने के निर्देश दिए

इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा घटना के सौ वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में चौरीचौरा शताब्दी महोत्सव मनाया जायेगा चौरीचौरा शताब्दी समारोह चार फरवरी से शुरू होकर अगले एक वर्ष तक चलेगा इस दौरान सभी जनपदों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले बुधवार को चौरीचौरा के शहीद स्थल का निरीक्षण कर वहां किये जा रहे विकास कार्यो को जल्द पुरा करने के निर्देश दिये थे उन्होंने कहा कि चौरीचौरा के ऐतिहसिक महत्व को देखते हये इसके विकास पर जोर दिया जायेगा मुख्यमंत्री ने चौरीचौरा रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिये रेल मंत्रालय को भी प्रस्ताव भेजने के अधिकारियों को निर्देश दिये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कक्षा छ से कक्षा बारह तक के विद्यालयों में अगले दस दिनों में पढ़ाई शुरू करने के सम्बंध में विचार किया जाए उन्होंने कहा कि रिथति का पूरी तरह आकलन करने के बाद ही कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आयी है लेकिन अमी भी हर स्तर पर सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है उन्होंने कोविड नाइन्टीन की जांच का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किए जाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कृतसंकल्पित है उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी आठ आकांक्रात्मक जिलों में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री ने आकांक्रात्मक जिलों में टेलीमेडिसिन टेली कंसल्टेशन को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वायरोलॉजी संस्थान की स्थापना की कार्यवाही को भी तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक प्रदेश में सर्वाधिक टीके लगाये गये हैं राज्य में अब तक क्ल चार लाख तिरसठ हजार लोगों को टीके लगाये जा चुके हैं इसके बाद क्रमशः राजस्थान कर्नाटक और महराष्ट्र का स्थान है देश भर में अब तक उन्तालीस लाख पचास हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर सत्तानबे दशमलव शून्य पांच प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेरह हजार चार सौ तेईस लोग स्वस्थ हुए इस दौरान आठ हजार छः सौ पचपन नये कोविड मरीजों की पृष्टि हुई है